मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा रेणुका बांध परियोजना के निर्माण का मामला केन्द्र से उठाएगी राज्य सरकार कांगड़ा के इंदौरा और शिमला के सरस्वती नगर में हुए जनमंच कार्यक्रमों में सुनी गई जन समस्याएं

रेणुका मेला सिरमौर ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला आज से शुरू हो गया है

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिमाचल अपनी समृद्ध संस्कृति व परम्पराओं के लिए जाना जाता है और प्रदेश में होने वाले मेले व त्योहार न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों का भी मनोरंजन करते हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अपनी समृद्ध परम्पराओं रीति रिवाज़ से विशेष लगाव और सम्मान के लिए जाना जाता है उन्होंने परम्पराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी से आगे आने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारम्भ किया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के अलावा अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार प्रशासन द्वारा मेले के सफल आयोजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले रेणुका मेले की सदियों पूरानी परंपरा को सिरमौर राज परिवार आज भी निभाता आ रहा है वर्तमान में राज परिवार के वंशज व राजघराने के वरिष्ठ सदस्य कंवर अजय बहाद्र सिंह अपने परिवार के साथ गिरि नदी के तट पर भगवान परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं देवताओं की पालकी को अपने कंधे पर उठाकर पंडाल तक लाते हैं इसके बाद मुख्यमंत्री के पालकी को कंधा देने के बाद शोभा यात्रा शुरू होती है इस बार मेले में ट्रैफिक पुलिस ने खास व्यवस्था का दावा किया है हिमाचल पथ परिवहन निगम की दो बसों को ददाहू से श्री रेणुका जी तक श्रदालुओ को मुफ्त सेवा के लिए लगाया गया है जयराम इस बीच रेणुका मेले के शुभारम्भ के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री रेणुका बांध परियोजना के निर्माण का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार परियोजना निर्माण के साथ साथ विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी गम्भीर है

सीएम बै ठक इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में आज इण्डियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्योग मित्र वातावरण तथा विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रही है नड्डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा में महिलाओं को पूरा सम्मान देने के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है कांगड़ा ज़िले के नूरप्र में आज भाजपा महिला मोर्चा कार्यसभिति की बैठक में उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को अवसर मिलें तो वे प्ररूषों से आगे निकलने की क्षमता रखती हैं नड्डा ने कहा कि महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार ने भी अनेक योजनाए शुरू की हैं इस अवसर पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि भाजपा जिस संस्कृति में राजनीति कर रही है उसमें नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है

सत्ती ने बताया कि पन्ना प्रमुख का मुख्य कार्य लोगों तक पार्टी और सरकार की नीतियों को पहुंचाना है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देववत ने जीवन में सफलता के लिए विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आहवान किया है हिसार के लाजपत नगर में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में छात्रों को तनावमुक्त होकर परिश्रम करने की ज़रूरत है जनमंच कांगड़ा ज़िले के इंदौरा और शिमला ज़िले के सरस्वती नगर में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए इंदौरा में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार के सत्ता संभालने के बाद से सुशासन समग्र विकास और जनसेवा के एक नए यूग का सूत्रपात हुआ है उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित और स्थायी समाधान के लिए शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं सरस्वती नगर में हुए कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास को नई दिशा देने और जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाई गई है इसके तहत घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित परिवारों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं मुख्य सचेतक व जनमंच के संयोजक नरेन्द्र बरागटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे ह सराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का आज दौरा किया

हंसराज ने कहा कि चुराह में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा

उन्होंने विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और सेरी मंच से संबल यात्रा को हरी झण्डी दिखाई सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से मेलों व त्योहारों की दीर्घ परम्पराओं को सहेज कर रखने का आग्रह किया है सोलन जिले के पद्दा बरौरी में आज एक मेला समारोह में उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार जहां आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं वहीं एकता की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है कांगड़ा जिला के सदवां में आज एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद कर रही है बिक्रम ठाकुर ने यूवाओं से अपनी संस्कृति न भूलने और बुजुर्गो का सम्मान करने का आग्रह किया उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यो में लगाने की अपील की है चण्डीगढ़ में सिरमौर एसोसिएशन के एक समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है और इसके निवारण के लिए सभी का सहयोग ज़रूरी है किशन कप्र खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के योजनाबद्व ढंग से समग्र व स्थायी विकास की प्रतिबद्वता दोहराई है धर्मशाला के कोतवाली बाज़ार में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे किशन कपूर ने कहा कि युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कई योजनाए चलाई हैं

इनके माध्यम से जहां उत्पादों के बेहतर दाम मिलेंगे वहीं स्वरोज़गार गतिविधियों को भी बल मिलेगा ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िले में कुटलैहड़ के लठियाणी में ज़िलास्तरीय सहकार दिवस में दी उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र की मज़बूती के लिए एक हज़ार करोड़ रूपए के बजट प्रावधान के साथ राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम स्थापित किया है वीरेन्द्र कंवर ने ज़िला व खण्ड स्तर पर बेहतरीन कार्यो के लिए सहकारी सभाओं को सम्मानित किया इस बीच उन्होंने लठियाणी में पश् चिकित्सालय का भी शुभारम्म किया बास्के टबॉ ल कांगड़ा में राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई इसमें महिला वर्ग में महाराष्ट्र जबकि पुरूष वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता रही समापन अवसर पर खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि खेलों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर राज्य सरकार विशेष बल दे रही है क्रिकेट ऊना में जिला न्यायाधीश और बार एसोसिएशन के बीच आज हुए एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला न्यायाधीश एकादश ने जीत लिया है